इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गैस पाइपलाईन नेटवर्क का काम जारी है इस पाइपलाईन से उत्पादन और उर्वरकों की लागत में कमी आएगी उन्होंने कहा कि सताईस देशों में भारत की तेल और गैस कंपनियां मौजूद हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में तेल और गैस इन्फ्रा में साढ़े सात लाख करोड़ का निवेश होगा

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम टैक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम को आज संबोधित करते हए श्री मोदी ने स्टार्टअप और नवोन्मेषकों से उत्कृष्टता को वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि इस संशोधन से जिलाधिकारियों के साथ साथ अपर जिलाधिकारी भी प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी कर सकेंगे

इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सली किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे आपको मालूम हो कि लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित सेरेंगदाग में कल आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया था

इससे पहले शहीद जवान का शव पहंचने पर गांव का माहौल गमगीन हो गया था

जोरी प्रतापप्र मुख्य पथ पर स्थित नदी पर चौरासी लाख रूपये की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाएगा इस मौके पर श्री भोक्ता ने कहा कि पुल का निर्माण होने के बाद विकास योजनाओं को और भी गति मिलेगी

इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि आज वीर बुध् भगत की दो सौ उनतीसवीं जयंती मनाना पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है मुख्यमंत्री ने कहा कि अठारह सौ सतावन के स्वतंत्रता संग्राम के पहले अठारह सौ बत्तीस में ही झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वीर बुधू भगत ने कांति का शंखनाद किया था यह कांति इतिहास के पन्नों में लरका विद्रोह के नाम से दर्ज है पश्चिमी सिहंभूम जिले में जिला खनिज निधि ट्रस्ट की राशि से विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा यह निर्णय मंत्री जोबा मांझी की अध्यक्षता में जिला खनिज निधि ट्रस्ट की आज हई बैठक में लिया गया बैठक के बाद मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर व्यवस्थित ढंग से राशि खर्च की जाएगी वहीं उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि ट्रस्ट की राशि खर्च करने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया जाएगा

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

सुचारू व्यवस्था के लिए कानून का डर भी जरूरी है श्री सिंह आज झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने यातायात सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करते हुए एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया

राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ चौरानबे में से एक लाख सत्रह हजार आठ सौ पचास लोग स्वस्थ हो चुके हैं

स्वास्थ्य कर्मियों और अग्निम पंक्ति के लोगों को पहले और दूसरे चरण के टीकाकरण का लक्ष्य प्रतिदिन एक सौ निर्धारित किया गया है लेकिन इससे ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है

रांची के वरिष्ठ चिकित्सक राजेश जायसवाल चर्चा में भाग लेंगे

हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज रामगढ़ स्टेशन पर विश्राम कक्ष का उदघाटन किया इस मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि कोडरमा से बरकाकाना होते हए रांची तक रेलवे लाईन का काम दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा

इनमें बारह लड़कियां और दो लड़के शामिल हैं सभी नाबालिगों को गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से रांची लाया गया और चाईल्ड वेल्फेयर कमिटी के समक्ष पेश किया गया

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पंडित भीमसेन जोशी की भावपूर्ण ख्याल गायिकी भजन से श्रोता सम्मोहित हो जाते हैं आइये सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का ये गायन

और अब संक्षिप्त खबरें खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव शांतनु अग्रहरि ने आज हजारीबाग पहुंचकर जिले के सदर प्रखंड में पीडीएस दुकानदार द्वारा वितरित केरोसिन के जलाने से हो रहे विस्फोट मामले की जांच जानकारी ली